्म मृख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्वांतों के अनुरूप हैं जो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन के कारण आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई चुनौती पैदा हुई है और इससे निपटने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे श्री शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संघ के सदस्य देशों की आपदा प्रबंधन पर दसवीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस खतरे से लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सभी देश मिलकर तालमेल के साथ प्रयास करें गृह मंत्री ने कहा कि आपदाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए सभी पक्षधारकों को ढांचागत संरचना पर अधिक से अधिक जोर देना होगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं से लेकर चहुमुखी विकास के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है श्री गहलोत ने आज जोधपूर जिले के भोपालगढ क्षेत्र में बेडों की ढाणी में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग के विकास कार्य करवायेंगे श्री गहलोत ने आज अलवर के थानागाजी के अंगारी गांव में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान कर रखा है और इसे लागू किया जा रहा है श्री गहलोत ने कहा कि ऐसे विवाह समारोह प्रशसंनीय हैं

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत में निकट और मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बहत प्रबल हैं भारत सरकार ने मूडी के हाल के कदम पर ध्यान दिया है मूडी ने आर्थिक परिदृश्य के बारे में भारत की रेटिंग स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दी है भारतीय स्टेट बैंक ने आज से सभी तरह के ऋण की दरों में पांच आधार अंकों की कटौती कर दी है

नई दरें दस नवंबर से लागू होंगी इस वित्त वर्ष में स्टेट बैंक ने लगातार सातवीं बार ब्याज दरों में कमी की है

श्री मिश्र ने वहां महिलाओं और स्कूली बच्चों से मुलाकात की श्री मिश्र ने गांव में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यो को भी देखा ये गांव विश्वविद्याालय ने गोद ले रखा है

श्री डोटासरा ने आज शिक्षा मंत्री चले विद्यालय की ओर अभियान की शुरूआत की इसके तहत उन्होंने आज कोटा संभाग के ब्रंदी जिले में तालेड़ा के राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया

आज से मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं आज बड़ी संख्या में विवाह समारोह हो रहे हैं प्रदेश के सभी जिलों में देवोत्थान एकादशी के विशेष आयोजन हो रहे हैं नागौर के बंशीवाला मंदिर में झांकियों का प्रदर्शन किया गया और तुलसी शालिग्राम के विवाह आयोजन किए गए

हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में आज ध्वजारोहण किया गया मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे

मेला स्थल पर चार हजार से अधिक पशु लाये जा चुके हैं

इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से से निर्देश जारी किए गए हैं यह बसे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अलवरे बूंदी कोटा जयपुर जोधपुर और बीकानेर से चलाई जाएंगी

चित्तौड़गढ़ सेशन जज ने आज नवनिर्मित न्यायलय भवन के उद्घाटन किया